दवा व किराना की द्वकानों सहित सभी बाज़ार ख्ले रहेंगे हरियाणा में अब तक नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के पांच मामले पोजीटिव पाये गये

हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू के आहवान के दृष्टिगत रविवार को राज्य परिवहन की बसों का संचालन बंद रखने के निर्देश दिये गये चंडीगढ़ में आज नोवेल कोरोना वायरस के चार और पोजीटिव मामले सामने आये है इसके साथ ही इस केन्द्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की गिनती पांच हो गई है चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अश्विनी क्मार शर्मा ने बताया है कि चंडीगढ़ क प्रशासक के सलाहकार मनोज परीदा ने इस बात की पृष्टि की है आज जो पोजीटिव मामले सामने आये है उनमें कल इस वायरस से संक्रमित पाई गई लड़की की माता भाई और रसोइया भी शामिल है

ये महिला इंग्लैंड से लौटी है जिसे पहले पीजीआई में दाखिल करवाया गया था हमारे संवाददाता ने बताया कि कल पोजीटिव पाई गई लड़की के पिता और ड्राईवर के टेस्ट नेगीटिव आये है ड्राईवर के खून के नमूने फिर से लिये जा रहे है और दोनों को घर मे ही निगरानी में रखा गया है स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि सभी पोजीटिव मरीज़ो के हालत फिलहाल स्थिर है

ये आदेश आज से लागू हो गये है

ये जानकारी चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार मनोज परीदा ने दी उन्होंने बताया कि आज पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक वी पी सिंह बदनौर द्वारा स्थिति एवं किये जा रहे सभी उपायों का जायज़ा लिया गया उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा भी वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों एंव विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायज़ा लिया गया उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थो की आपूर्ति मंडियो एवं आवाजाही बारे पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के अधिकारियों की रोज़ाना बैठक करने का फैसा भी लिया गया है

श्रीपरीदा ने बताया कि संदिग्ध मरीज़ोक की कलाई पर मोहर लगाई जायेगी ताकि उनकी पहचान हो सकें उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दवाओं और किराने की द्वकानों मंडियों व बाज़ारों को बंद नहीं किया गया प्रधानमंत्री के कहे अन्सार जरूरी वस्त्ओं की आपूर्ति होती रहेगी तीन महीने पहले ब्हान में कोरोना वायरस फैलने के बाद चीन में आज लगातार दूसरे दिन संक्रमण काई नया घरेलू मामला सामने नहीं आया

आय्ष राज्य मंत्री श्रीपद येस्सो नाइक ने कहा कि सरकार कोरोना वायरस के उपचार को लेकर किसी भी तरह के द्वष्प्रचार और गलत दावे का समर्थन नहीं करती

हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग दवारा जारी मीडिया ब्लेटिन के अन्सार कल ग्रूग्राम में कोरोना वायरस के पोजीटिव मामले चार हो गये थे जबकि आज फरीदाबाद से एक मामला सामने आया है

उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए बचाव की हथियार है और जो भी सलाह प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है उन सभी पहल्ओं को सामान्य दिनचर्या में लागू करें

इसके अलावा सवारियों की उपलब्धता को देखते हये उन्होंने महाप्रबंधकों से मार्ग पर जाने वाली बसों में भी कटौती करने को भी कहा है श्री शर्मा ने कहा कि सरकार चाहती है कि कम से कम लोग एक दूसरे के सम्पर्कमें आयें उन्होंने कहा कि इस दिन सभी अधिकारी व कर्मचारीउपरोक्त समय के अन्सार अपने घरों में ही रहेंगे परिवहन मंत्री ने इस महामारी के मद्देनज़र कार्यालयों बस अड्डों व कर्मशालाओं की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने बसों की साफ सफाई व सैनेटाइजेंश्न के बाद ही रूटों पर चलने की हिदायत भी की है उन्होंने कार्यालयों के सभी कर्मचारियों चालकों और परिचालकों को मास्क उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिये है

यम्नानगर प्रशासन की इन धार्मिक स्थलों के पदाधिकारियों व प्जारियों के साथ हई बैठक में प्जारियों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया